श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एण्ड एक्सपो सेंटर के शिलान्यास समारोह में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत हैं

इस धनराषि से देषभर में हस्तषिल्प हथकरघा और गलीचा उद्योग से जुडे कारीगरों को प्रषिक्षण दिया जाएगा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल जयपूर में कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोषन काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी उन्होने कहा कि गलीचा उद्योग में नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर विषेष ध्यान दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि केपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में ब्रांडिंग मार्केटिंग और पैकेजिंग के विषयों पर चर्चा के लिए अगले दो सप्ताह के अंदर इन उद्योगों से जुडी संस्थाओं की बैठक आयोजित की जाएगी

इस डाटाबेस में दोषी करार दिये गये यौन अपराधियों के नाम फोटो पता अंगुलियों के निशान और अन्य जानकारियां होंगी इसके साथ ही इस तरह की सूचनाएं और आंकड़े रखने वाला भारत विश्व का नौवां देश बन गया है

प्रहार आध्रनिक समय की शस्त्र प्रणाली है जो कई तरह के हथियार ले जा सकती है और विभिन्न लक्ष्यों को भेद सकती है

श्रीमती राजे ने कहा कि केन्द्रीय जल आयोग ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी है

इस दौरान वे जोधप्र और जयप्र प्रांत में दस दिन तक रहेंगे और विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे

देर शाम इन्हें कर्बला में दफन किया जायेगा

मोहर्रम की पूर्व संध्या पर कल अकीदतमंदों ने कत्ल की रात मनाई ढोल ताशों के साथ मातमी ध्रने निकाली गई

विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में आपदा प्रबंधन से जुड़ी आवश्यक तैयारियां रखने को कहा है